केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट में किये गये प्रावधान से शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है शिक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लागू करने पर आयोजित एक वेबीनार में कल श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है एजुकेशन को एमप्लॉयब्सिटी और एंटरपेन्योर कैपेबिलिटिस उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है ये बजट उनको और विस्तार देता है इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साईटिफिक पक्तिकेशन के मामले में भारत टॉप थी देशों में आ चुका है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

साथियों आत्मनिर्मर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो विश्वास हो आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रहे हैं और जरूरी स्किल भी दे रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्राक्षान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार क्रषि अंतरिक्ष परमाण् ऊर्जा तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को युवाओं के लिए खोल रही है उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश पिछले चार वर्षो में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले तक राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दस लाख नबे हजार करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर इक्कीस लाख तिहत्तर हजार करोड़ हो चुका है विधानसभा में कल बजट पर चर्चा पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब व्यापार सुगमता सूचकांक में दूसरे स्थान पर है जबकि वर्ष दो हजार पन्द्रह सोलह में यह चौदहवें स्थान पर था

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट युवाओं की शिक्षा कौशल विकास रोजगार और ब्नियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को प्नर्जीवित करने के लिए फरवरी दो हजार अट्ठारह में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गयी थी जिसके अब सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को आवास बिजली कनेक्शन राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाम दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम जारी है श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर और बस्ती समेत राज्य के अड़तीस जनपदों में जापानी इंसेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में मृत्यू की घटनाए होती थीं लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हई है उन्होंने कहा कि राज्य में इस बीमारी से मृत्य को पनचानबे प्रतिशत तक कम किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर बीसी सखी की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि बीसी सखी की नियुक्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध होगी केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के परामर्श से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण स्लॉट पन्द्रह दिनों से एक महीने के लिए खोलने चाहिएं प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार पच्चीस रह गयी है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के सतहत्तर नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान एक सौ चौंतीस मरीज स्वस्थ हुए हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ पचास कोविड नमूनों की जांच की गयी प्रदेश में अब तक तीन करोड़ सोलह लाख इकत्तीस हजार दो सौ अड़तीस नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे टीबी के मरीजों को गोद लेने और उनकी देखमाल के लिए आगे आएं उन्होंने जिला प्रशासन को भी सुझाव दिया कि क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर समी शिक्षकों को अभियान से जोड़ा जाए श्रीमती पटेल कल मिर्जापुर में टीबी मरीजों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चला रही है इसके लिए समाज के सभी वर्गो के लोगों को आगे आना चाहिए राज्यपाल ने इस दौरान क्षय रोगियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की प्रदेश सरकार राज्य के चौदह शहरों के विकास के लिए अयोध्या को मॉडल के तौर पर अपनायेगी इन शहरों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए विकास कार्य किए जायेंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी शहरों के लिए एक शहरी विकास योजना तैयार की जा रही है गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद वहां तेज गति से विकास की परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है कल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया यह दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का विषय बन और आजीविका मानव और पृथ्वी का सतत विकास है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीवों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया है उन्होंने कहा कि भारत में शेरों बाघों और तेंद्ओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है